लॉकडाउन प्रदेश के अधिक कोरोना संकमित जिलों में अब सप्ताह में दो दिन पूर्ण लॉकडाउन रखा जायेगा इस दौरान आवश्यक सेवाएं छोड़कर सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियों कान्फ्रेसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि लॉकडाउन रविवार को तो रहेगा ही दूसरा दिन सोमवार हो या शनिवार इसका निर्णय जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जायेगा

निजी कार्यालय और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी इसी क्षमता से संचालित होंगे श्री चौहान ने रक्षाबंधन ईद आदि सभी त्यौहार घर पर रहकर ही मनाने की अपील की

कोरोना वेक्सीन दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थावन ने कोरोना वायरस के प्रस्तावित टीके के मानव पर परीक्षण के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है इन परीक्षणों का संचालन करने वाले प्रमुख डॉक्टर संजय राय ने बताया कि पंजीकरण के पहले दिन लोगों ने भारी उत्साह दिखाया

डॉक्टर राय ने बताया कि ऐम्स की नीति समिति ने स्वयंसेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े मापदंड तय किए हैं उन्होंने बताया कि मानव पर क्लिनिकल परीक्षण प्राथमिक चरण शुरू होने के एक महीने बाद किया जाएगा डॉक्टर राय ने कहा कि स्वयंसेवकों को टीके की पहली खुराक गुरूवार को दिए जाने की सम्भावना है

आत्म निर्भर भारतअभियान के तहत शुरू की जा रही इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है कोविड महामारी के दौरान उनके मंत्रालय ने शैक्षिक गतिविधियां जारी रखने और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता महसूस की है इसीलिए मंत्रालय ने मनोदर्पण के रूप में पहल की है उपचुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा है कि मध्यप्रदेश में विधानसभा उपचुनाव सितंबर के अंत तक करा लिये जायेंगे उन्होंने कल भोपाल में एक कार्यक्रम में कहा कि समय पर चुनाव कराना आयोग की प्राथमिकता है लेकिन किसी भी वितरीत परिस्थितियों में आयोग राज्य सरकार से इस संबंध में बातचीत कर सकता है

कानून व्यवस्था समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये कि बड़े सफेदपोश बदमाशों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जाये कल प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि ड्रग्स माफिया संपत्ति हड़पने हक्का लाउंज चलाने वाले चिटफंड कंपनियों काला बाजारी और मिलावटखारों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही हो मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कार्यवाही में लापरवाही बरती गयी तो इसके लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार होंगे उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश में अच्छा प्रशासन देना है इसके लिए ये जरूरी है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो उन्होंने जबलपुर में राशन वितरण में हुई अनियमितताओं पर दोषियों के विरूद्व एफआईआर के निर्देश भी दिये धोखाधड़ी रासुका कृषिमंत्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरूद्व रासुका के तहत कार्यवाही की जाये उन्होंने कल भोपाल में एक समीक्षा बैठक में खरीफ की बोवनी के दौरान उर्वरक और बीज की उपलब्धता की समीक्षा की

प्रदेश में यूरिया की नियमित आपूर्ति की जा रही है

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसानों को यूरिया वितरण का बेहतर प्रबंधन किया जाये